गणेष चतुर्थी आज घर घर होगी स्थापना मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने कहा सोषल डिस्टेंसिंग के साथ मनाये उत्सव

मौसम प्रदेष में पिछले दिनों जारी भारी बारिष के कारण अधिकतर इलाकों में जनजीवन ठप्प हो गया है अधिकतर ग्रामीण इलाकों और अनेक शहरों के बीच भी सड़क संपर्क बंद हो गया है प्रदेष की सभी बड़ी नदियां उफान पर है वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप राज्य में भारी बारिष का दौर जारी है

रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग बंद हो गया है

उमरिया में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों को नदी नाले पार नहीं करने की सलाह दी है जिले के ग्राम चिरवाह में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है उधर शिवपुरी के बामोरकला में बेतवा के पानी में फंसे दो चरवाहों को रेस्क्यू कर निकाला गया है कटनी में बारिश से बाणसागर डेम का जलस्तर बड़ रहा है

वहीं विदिशा रायसेन सीहोर उज्जैन देवास कटनी छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट जिलों में अतिभारी बारिश और रीवा सतना अनूपपुर उमरिया भोपाल राजगढ़ खंडवा गुना अशोकनगर एवं शिवपुरी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है

उधर उमरिया से एक अच्छी खबर है कि यहां कोरोना प्रभावित गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है प्रदेष के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने प्रदेषवासियों को गणेषोत्सव की शुभकामनाएं दी है हालांकि इस बार कोरोना संकमण के कारण प्रषासन ने बड़ी गणेष प्रतिमाओं की स्थापना और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है इसलिए आम लोग अपने अपने घरों में ही ऋद्वि सिद्वि और बुद्धि के देवता श्री गणेष का पूजन अर्चन कर रहे हैं हरतालिका तीज कल प्रदेष में परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ महिलाओं ने हरतालिका तीज पर्व मनाया अखण्ड सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है आज पूजा पाठ के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी पूरे प्रदेष से इस पर्व को विधि विधान के साथ मनाए जाने के समाचार है मुख्यंत्री षिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गणेष उत्सव और अन्य त्यौहार के अवसरों पर कोरोना संकमण न फैले इसके लिए आवष्यक है कि हम त्यौहार घर पर ही मनाये उन्होंने अपील की है कि कोरोना संबंधी सभी सावधानियां मास्क लगाने सोषल डिस्टेंसिंग रखने का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए

जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विरुद्व किये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है अभियान के तहत संबंधित जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियाँ गठित की गई हैं अभियान का सर्वोच्च उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना है मंत्री समूह बैठक आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के मकसद से कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस को माध्यम से मंत्री समूह की बैठक हयीं वीडियो कान्फ्रेंस में श्री सारंग ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये निजी और सरकारी स्कूलों के बीच नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए उन्होंने प्रदेश में कम से कम एक संस्थान को वर्ल्ड क्लास स्तर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता बतायी संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार समेत अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिये खेल पुरस्कार खेल मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है खेल मंत्रालय ने देष के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांी खेल रत्न के लिए जिन पांच खिलाड़ियों के नाम की सिफारिष की थी

इस साल खेल रत्न पाने वाले पांच खिलाड़ियों में किकेट रोहित शर्मा पहलवान विनेष फोगाट पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलू टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल है

इनमें किकेटर इंषांत शर्मा और दीप्ति शर्मा तीरंदाज अनंत दास शामिल है

पहले इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता था मध्यप्रदेष के शाजापूर के मलखंभ प्रषिक्षक योगेष मालवीय को द्रोणाचार्य अवार्ड और ग्वालियर के दिव्यांग पैरा तैराक सत्येन्द्र सिंह लोहिया को तेन सिंह नॉरेगे नेषनल एडवेंचर अवार्ड दिये जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने दोनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर उनकी सराहना करते हुए शुभकामनाए दी है उन्होंने कहा कि मलखंभ और तैराकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर दोनों खिलाड़ियों ने प्रदेष का गौरव बढ़ाया है

पुलिस रेस्क्यू ऑपरेषन में जुट गई है